ये नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भ्वनेश्वर सिकंदराबाद बंगल्रू चेन्नई तिरुवनंतप्रम मडगांव म्ंबईसें ट्रल अहमदाबाद और जम्मूतवी के लिए चलेंगी

केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अन्मति होगी जिसके पास वैध कन्फर्म्ड टिकट हो गा यात्रियों को मास्क लगाना होगा और यात्रा से पहले जांच करानी हो गी

श्री मोदी कोरोना वायरस महा मारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हुए आगे का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से यह बैठक बह्त महत्वपूर्ण है

सतना जिले के अमरपाटन में मिले कोरोना पॉजिटिव के संपर्क मैं आया रिश्तेदार भी कोरोना पोजेटिवनिकला हैं

डिण्डोरी जिले के शहप्रा में एक अन्य व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बा द जिला दंडाधिकारी ने जिला म्ख्यालय में भी द्कानों के ख्लने के सम य मे कमी की है रायसेन सब्जी मंडी पर अपनी सब्जियां लेकर बेचने आने बाले कि सानों का स्वस्थ परीक्षण किया जा रहा है

होशंगाबाद जिले के लिए राहत भरी ख़बर है

जबलप्र में कोरोना संक्रमित पाए गए एक व्यक्ति का इलाज घर पर ही होगा नई गाइडलाइन के बाद संभवतः यह प्रदेश का पहला मामला है जिसमें संक्रमित को अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही रह कर इ लाज किया जाएगा